अगले दो से तीन दिनों तक स्थिति में सुधार की कोई उम्मीद नहीं

और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के कार्यक्रम की घोषणा

मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीर से आ रही सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि बादल के नीचे आ जाने के कारण अगले दो से तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों से भागलपुर पूर्णिया सारण औरंगाबाद सुपौल पूर्वी चंपारण और नालंदा जिले में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है अधिकतम तापमान सामान्य से आठ से नौ डिग्री और न्यूनतम तापमान साढ़े छह डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अब पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में भी आ जायेगा साथ ही तापमान में गिरावट और कोहरे के घनत्व में तेजी अगले तीन चार दिनों तक बनी रहेगी इधर शीतलहर के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है कोहरे का असर रेल और हवाई परिचालन पर भी देखा जा रहा है ठंड को देखते हुए आठ जिलों में स्कूलों को अलग अलग तिथियों तक के लिए बंद कर दिया गया है केन्द्र सरकार ने तुर्की से बारह हजार पांच सौ मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज के आयात का अनुबंध किया है एम एम टी सी द्वारा आयात किया जा रहा यह प्याज मध्य जनवरी से भारत पहुंचने लगेगा इस बारह हजार पांच सौ मीट्रिक टन के साथ अब तक बयालीस हजार पांच सौ मीट्रिक टन के आयात का अनुबंध किया जा चुका है सरकारी सूत्रों ने बताया है कि लगभग बारह हजार मीट्रिक टन प्याज इस महीने की इकतीस तारीख से पहले भारत पहुंच जायेगा आशा है कि इन उपायों से देश के बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में कमी आयेगी केन्द्रीय गुहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहत से ऐसे तत्व जो भारत में शांति नहीं चाहते वे नेपाल और भूटान की सीमा से घ्रसपैठ की कोशिश कर रहे हैं नई दिल्ली में एसएसबी के छप्पनवें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नेपाल और भूटान के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं लेकिन कुछ तत्व भारत में घुसपैठ के लिए इन देशों की सीमाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं गृहमंत्री ने सीमापार से घुसपैठ रोकने में अर्द्धसैन्य बलों की भूमिका की सराहना की केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस का एक सौ शहरों तक विस्तार किया जाएगा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वर्तमान में यह योजना देशभर में बहत्तर शहरों में संचालित है उन्होंने बताया कि इन शहरों में तीन सौ उनतीस एलोपैथिक आरोग्य केन्द्र और छियासी आयुष केन्द्रों के जरिये पैतीस लाख से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं मध्याहन भोजन योजना में लगे रसोइयों और उनके सहयोगियों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में शाामिल किया जायेगा योजना के निदेशक विनोद सिंह ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है उन्होंने इन सभी कर्मियों के नाम और जन्म तिथि का विवरण मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है जिससे उन्हें सामाजिक योजनाओं का फायदा मिल सके मूख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज पटना में भारतीय रोड कांग्रेस के अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे तीन दिवसीय अधिवेशन की कल शुरूआत हुई थी पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब रेडियोलॉजी केन्द्र और नर्सिंग होम के नामों का प्रकाशन तीन दिनों के भीतर समाचार पत्रों में करवाने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ अब इस मामले की आठ जनवरी को सुनवाई करेगी

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूपौल में केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना को मंजूरी दे दी है राज्य सरकार ने इस संबंध में आरबीआई से अनुरोध किया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इसका आयोजन अट्ठाईस जनवरी को दो पालियों में होगा पहली पाली की परीक्षा सुबह दस बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम साढ़े चार बजे तक होगी उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक के माध्यम से दर्ज की जायेगी और सभी परीक्षा केन्द्रों पर जैमर लगाया जायेगा इधर परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र सीमा में छूट देने के सरकार के फैसले के बाद आज से फिर ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरे जा रहे हैं फार्म चौबीस दिसम्बर तक भरे जायेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सभी अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थानों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि से दस दस लाख रूपये उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है पटना एम्स के निरीक्षण के बाद श्री चौबे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस राशि से नई सुविधाओं का विकास होगा उन्होंने अस्पताल परिसर में खाली पड़ी जमीन पर पौधारोपण कराने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण धान की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है श्री कुमार ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इसे आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जायेगा आपदा प्रबंधन विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद किसानों के नुकसान की भरपाई की जायेगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा है कि अगले वर्ष जनवरी महीने तक प्रदेश के उन सभी ग्यारह जिलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति शुरू कर दी जायेगी जो फ्लोराइड प्रभावित हैं उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों के एक हजार एक सौ पंचानवे वार्ड में योजना पूरी हो चुकी है जबकि शेष अन्य में अंतिम चरण में हैं

निगरानी जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक मामले में फतुहा अंचल के राजस्व कर्मचारी विजय कुमार शर्मा के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है आरा स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दो आरोपियों को बीस बीस वर्ष कठोर कारावास और चालीस चालीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है सीवान जिले की एक अदालत ने डकैती की योजना बनाने और आर्म्स एक्ट के मामले में पांच बांग्लादेशियों को चार चार वर्ष कैद और दो दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरियाडीह गांव में दम घूटने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि छह अन्य की स्थिति गंभीर है पुलिस ने बताया कि आग जलाकर घर में सोने के कारण यह हादसा हुआ अररिया जिले के झमटा पंचायत के मेटन में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के पानी भरे गड्ढे में पलट जाने से दो मजदूरों की मौत हो गयी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कल हुए देशव्यापी प्रदर्शन की खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक जागरण ने लिखा है सीएए के विरोध में हिंसा तीन की मौत प्रभात खबर लिखता है वाम दलों के बिहार बंद का मिलाजुला असर रेल सड़क जाम हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है अल्पसंख्यकों की नहीं होने देंगे उपेक्षा दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना में मौसम का सबसे ठंडा दिन पारा सात डिग्री पहुंचा रविवार को राहत की उम्मीद आज और राष्ट्रीय सहारा ने आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

अगले दो से तीन दिनों तक स्थिति में सुधार की कोई उम्मीद नहीं

और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के कार्यक्रम की घोषणा